संसदीय कार्यमंत्री बमांग फेलिक्स द्वारा संदन में रखे गए प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया चर्चा में भाग लेते हए म्ख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है वह ऐतिहासिक है

राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार अड्डहत्तर में से केवल तीम मामले सिम्टोमेटिन पाए गए है इनमें से सबसे ज्यादा पंद्रह मामले वेस्ट कामेंग जिले से ईटानगर राजधानी क्षेत्र और अपर सियांग से चौदह चौदह मामले दर्ज किए गए है जबकि आठ मामले पाप्मपारे जिले से तिरप से पांच और चांगलांग से कोविड संक्रमण के चार नए मामले सामने आए है राज्य में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर एक हजार सात हो गई है

प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने वालों कि दर बहत्तर प्रतिशत से ज्यादा हो गई है

इस कार्यक्रम को नाबार्ड के सहयोग से गैर सरकारी संस्था अरुणाचल ऑरफेन केयर सोसायटी द्वारा संचालित किया जा रहा है संस्था की अध्यक्ष रिना लोंगरी ने बताया कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं भाग ले रही है प्रशिक्षण के बाद यह महिलाएं आत्मनिर्भर होकर कार्य कर सकेंगी वहीं नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक कमल रॉय ने कहा कि इस प्रशिक्षण का मॉडल इस तरह तैयार किया गया है कि वे ट्रेनिंग के बाद अपना कारोबार ख्द श्रु कर सके

चर्चा के शुरुआर करते हए सदस्य हायांग मांगफी ने राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के कैरियर में पदोन्नति के अवसर स्निश्चित करने का पक्ष लेते हए कहा था कि इससे राज्य के प्रशासनिक संचालन को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी

मुख्यमंत्री ने चर्चा का जवाब देते हए कहा कि राज्य सरकार बहत जल्द ही इस बारे में एक विशेषज्ञ कमिटि का गठन करेगी जो अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस अधिकारियों की मांगों को पूरा करने के साथ साथ अधिकारियों के कैरियर प्रमोशन और सेवा को व्यवस्थित बनाने के लिए जरिरी उपाय करेगी